भोपाल से भी गुजरेगी यह ट्रेन

ध्रव जेईई इन्दौर के ध्रव अरोरा ने जेईई मेन्स में सौ प्रतिशत अंक लाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा जारी की गई लिस्ट में ध्रव का नाम सबसे ऊपर है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है ध्र्व ने कहा है कि कड़ी मेहनत और उनके अध्यापकों के मार्गदर्शन से ही यह सफलता मिली है वहीं छत्तीगढ़ में ऋषभ भटनागर ने टॉप किया है उन्हें निन्यान्नवे प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं हिन्दी ऑलंपियाड प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में हिन्दी विषय में कुशलता जाँचने के लिये हिन्दी ऑलंपियाड का आयोजन कल किया जायेगा

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी ओलंपियाड का आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों से लगाव और हिन्दी पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करने के साथ ही बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जा रहा है हिन्दी ओलंपियाड परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है यह परीक्षा दो चरणो में आयोजित की जायेगी उधर हमारे श्योपुर संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने श्योपुर के सभी सरकारी स्कूलों में इसके आयोजन के निर्देश दे दिये हैं कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री सचिन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डी समितियों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न हों श्री यादव ने कल भोपाल किसान भवन में प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर राजेश राजौरा एमडी मण्डी बोर्ड फैज अहमद खान वास्तुविद तथा अन्य तकनीकी अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मण्डियों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनायें ताकि ऊर्जा तथा धन की बचत हो सके

भययू प्रकरण इंदौर के गृहस्थ संत भय्यू महाराज की आत्महत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोप है कि पुलिंस गिरफ्त में आये उनके दो सेवादार विनायक दूधाड़े शरदराव और उनकी मुंहबोली बेटी पलक ने भय्यू महाराज को षड्यंत्र पूर्वक प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये विवश किया था

तीनो पर आरोप है कि उन्होंने मृतक भय्यू महाराज की चल अचल संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा था महिला पुलिस आरक्षण सरकार ने पहली बार महिलाओं को अधिकारी स्तर से नीचे के रैंकों में मिलिट्री पुलिस में शामिल करने का फैसला किया है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि महिलाओं को सेना में चरणबद्ध तरीके सेशामिल किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला सशस्त्र सेनाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया है इस समय महिलाओं को चिकित्सा कानून शिक्षा सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओं में लिया जाता है पीसी शर्मा जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल न्यायालय की परम्परा गौरवशाली रही है भोपाल न्यायालय ने कई सम्माननीय न्यायाधीश और अधिवक्ता दिए हैं इस न्यायालय से उनका आत्मीय संबंध रहा है श्री शर्मा ने कल जिला अभिभाषक संघ भोपाल के नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सभी को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर जो शक्ति उन्हें दी है उससे वे पूरी ताकत से उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार द्वारा पहल शुरू कर दी गई है टीकाकरण प्रदेश भर में मीजल्स और रुबैला बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है

उधर राजगढ़ में तीन दिनों में चालीस हजार से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है वहीं जबलपुर में भी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है

दिल्ली से मुम्बई के बीच चलने वाली यह पहली ऐसी एक्सप्रेस है जो गुजरात के बजाय मध्यप्रदेश से होकर गंतव्य तक पहुंचेगी

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

भाजपा ज्ञापन प्रदेश भाजपा ने आज समूचे राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर जिला मुख्यालयों पर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने राजधानी भोपाल में पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और पार्टी इसे लेकर चिंतित है श्री सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था अगर सरकार नहीं सुधारती है तो भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी वहीं मुरैना में कानून व्यवस्था का सही से पालन न करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा दिग्विजय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक और मध्यप्रदेश में सरकार पलटने के विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुये आज इंदौर में कहा कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है जबकि भाजपा को अपने विधायकों को संभाल कर रखने की जरूरत है मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है

राज्य में पिछले चौबीस घण्टों के दौरान खज़ुराहो नौगांव सिवनी बैतूल और मलाजखण्ड में शीतलहर का प्रभाव रहा वहीं शेष जिलों के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं रहा मौसम केन्द्र भोपाल ने आगामी चौबीस घण्टों में छतरपुर बालाघाट बैतूल सिवनी और उमरिया जिलों में शीतलहर के आसार जताये है वहीं राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सभी पार्टियों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है